केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कोरोना वायरस के बारे में कल से एक जन अभियान की शुरूआत का निर्णय लिया है सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जवाड़ेकर ने कहा कि अभी कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन और उचित दवा उपलब्ध नहीं है और इसलिए कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय मास्क पहनना उचित दूरी बनाये रखना और हाथ साफ रखना है इस अभियान की श्रूआत पोस्टर बैनर और सोशल मीडिया अभियान के माध्यम से श्रू की जायेगी

यह सुविधा पहली बार बरोदा के उप चूनाव में दी जा रही है श्री अग्रवाल बरौदा चूनाव में भाग लेने वाले पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ले रहे थे

श्री अग्रवाल ने कहा कि चूनाव प्रचार या मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति आचार संहिता की उल्लंघना करता है तो उसकी शिकायत सी विजिल एप के माध्यम से उसी समय वीडियो या फोटो के माध्यम से अपलोड कर भेजी जा सकती है उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की वें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सी विजिल ऐप्प को डाऊनलोड करवाएं श्री अग्रवाल ने बताया कि बरौदा के उप च्नाव में स्थापित किए गए प्रत्येक मतदान केन्द्र से लाइव वेब कैम कास्ट को भी करवाया जाएगा ताकि मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केन्द्र पर निगरानी रखी जा सकें सभी मतदान केन्द्रों को मतदान से एक दिन पहले सेनेटाइज किया जाएगा इसके अलावा मतदान केन्द्रों में साब्न सैनेटाइजर मास्क की उपलब्धतता के साथ साथ मतदाताओं को दस्तानें मुहैया करवाएं जाएंगें ताकि वे महामारी से सुरक्षित रह सकें इसके अतिरिक्त मतदाताओं की मतदान केन्द्र पर थर्मल स्कैंनिंग भी की जाएगी

श्री चौटाला ने बताया कि भारतीय कपास निगम जहां कपास की खरीद कर रहा है वहीं मूंग की फसल को राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों द्वारा खरीदा जा रहा है

आपकों रोज़ाना समाचारों में इस श्रंखला के तहत एक सदेश दिया जायेगा आज का संदेश है कोरोना वायरस को फैलने न दे नाक म्ंह क कर रखे मास्क का प्रयोग करें यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है

आज सिरसा यमुनानगर और पंचकूला जिले में एक एक कोविड मरीज़ की मृत्यु होने की भी खबर मिली है

आज रोहतक में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी और दावा किया कि इस उप च्नाव मंे विधानसभा क्षेत्र के लोग विकास के नाम पर बीजेपी को बोट देंगे उन्होंने बरोदा इससे पहले कार्यकर्ताओं की बैठक मे उनकी उप चुनाव के सम्बध में जिम्मेदारी भी तय की कृषि कानूनों पर पूछे गये एक सवाल के जवाब में उन्होंने इस कानूनों को किसान हित में बनाया और कांग्रेस पार्टी पर किसानों का बरगलाने का आरोप लगाया

ग्राम पंचायत लोक निर्माण विभाग को यह निश्ल्क हस्तांतरित करने के लिए पहले ही प्रस्ताव पारित कर च्की है इसक अतिरिक्त गांव बोधा और तंगोली की उक्त जमीन निजी भूमि है औश्र इस भूमि के मालिकों ने भूमि को कलैक्टर रेट पर देने के लिए ई भूमि पोर्टल पर अपनी सहमति अपलोड की हई है